इस दौरान मंत्री परिषद के सदस्यों को भी पद की शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद श्री मोदी ने शनिवार रात को राष्ट्रपति कोविंद से भेंट कर नयी सरकार बनाने का दावा पेश किया था मोदी वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और लोगों को उनमें विश्वास व्यक्त करने के लिए आभार व्यंक्त करेंगे श्री मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे वे पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो भी करेंगे उनका भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है श्री मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए दूसरी बार चार लाख अस्सी हजार से अधिक अंतर से चुने गए हैं आचार संहिता सत्रहवीं लोकसभा और चार राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के मद्देनजर चुनाव से पहले लागू चुनाव आचार संहिता हटा ली गई हैं चुनाव आयोग ने केबिनेट सचिव राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिख कर यह जानकारी दी आयोग ने पत्र में लिखा है कि लोकसभा के साथ साथ अन्य चुनावों के परिणाम भी घोषित कर दिये गये हैं इसलिए आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से हटा लिये गये हैं इसके बाद अब करीब ढ़ाई महीने से रूके विकास कार्यो को रफ्तार मिलेगी राज्य सरकार अब नीतिगत फैसला भी ले सकेगी

राज्य मंत्रिपरिषद लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार कल भोपाल में राज्य मंत्रिपरिषद की अनौपचारिक बैठक हुई बैठक में हार के कारणों पर चर्चा की गई सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को चुनाव को लेकर अपने अपने अनुभव रखने की खुली छूट दी थी मंत्रियों ने कहा कि सरकार ने वचन पत्र को निभाया

मंत्रालय में हई यह बैठक करीब ढाई घंटे चली बताया जा रहा है कि बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि भाजपा बार बार सरकार गिराने की बात फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रही है ऐसे में विशेष सत्र बुलाकर बहुमत साबित कर देना उचित होगा मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को आश्वस्त किया कि सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है बैठक में सरकार के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई

इसके लिए प्रत्येक जिले में बनाई गई कार्य योजना पर गंभीरता से अमल करने के निर्देश दिए गए हैं श्री पांसे कल भोपाल में अधिकारियों के साथ प्रदेश में पेयजल समस्या निराकरण के प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे श्री पांसे ने कहा कि गत वर्षो में प्रदेश में हुई कम वर्षा से गिरते भू जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का अधिक से अधिक संग्रहण किया जाए उन्होंने प्रदेशवासियों के सहयोग से जल संग्रहण कर जन जागृति अभियान चलाने को कहा पेयजल स्रोतों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर कल भोपाल में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है इसमें विषय विशेषज्ञों के माध्यम से विभागीय अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कटनी कलेक्टर पंकज जैन को बेटी का आंगनवाड़ी केंद्र में प्रवेश कराने पर बधाई दी है श्री जैन को भेजे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि लोक सेवक समाज में प्रेरणा के केंद्र होते हैं उनके आचरण का समाज अनुकरण करता है राज्यपाल ने लिखा कि कर्तव्यों के प्रति इस सजगता ने उन्हें प्रभावित किया है इस प्रयास से अन्य शासकीय सेवकों का दायित्वबोध भी बढ़ेगा श्रीमती पटेल ने लोगों से भी अपने बच्चों का दाखिला आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों में कराने की अपील की है गौरतलब है कि करीब एक महीने पहले कटनी कलेक्टर पंकज जैन ने बेटी पंखुड़ी का प्रवेश आंगनवाड़ी केंद्र में कराया गया था

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने इसकी पूर्व संध्या पर कल उनका स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्वांजलि दी श्री नाथ ने युवा पीढ़ी का आव्हान किया कि वे पण्डित नेहरू के विचारों और योगदान से परिचित हों मुख्यमंत्री ने कहा कि पण्डित नेहरू ने भारत की अनेकता में एकता की विरासत को समृद्ध बनाये रखते हुए भारत की अखंडता कायम रखी वे आध्निक भारत के निर्माता थे उनके बिना अखंड भारत की कल्पना नहीं की जा सकती मुख्यमंत्री ने कहा कि पण्डित नेहरू साम्प्रदायिकता के घोर विरोधी थे वे संस्थाओं के निर्माण और शांति की स्थापना के लिये हमेशा तत्पर रहते थे

इस दौरान हॉकी कराते बास्केटबॉल कबड्डी मलखम्ब फुटबॉल आदि खेलों का निषुल्क प्रषिक्षण अनुभवी कोच द्वारा दिया गया जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किये गये समापन कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह और कलेक्टर अजय गुप्ता ने बच्चों को खेलों से जुड़ने के लिये प्रोत्साहित किया इस मौके पर बच्चों को खेल किट व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया मौसम राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है

मौसम विभाग ने पूर्वी मध्यप्रदेश के जिलों में अगले चार पांच दिन के दौरान लू चलने की आशंका जताई है

कलेक्टर विशेष गढ़पाले की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आगामी दिनों में मनाये जाने वाले पर्वो को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने पर चर्चा की जायेगी